अब तक दो लाख छप्पन हजार से अधिक ठीक हुये और देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झण्डोत्तोलन करेंगे इधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान कल सुबह झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये हैं गांधी मैदान में तैनात दंडाधिकारी और पूलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं गणतंत्र दिवस को लेकर पटना में यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है वहीं पड़ोसी देश नेपाल से लगने वाली सीमा पर भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इधर सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे उनके संबोधन को आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर सभी केन्द्रों से शाम सात बजे से प्रसारित किया जायेगा द्रदर्शन के सभी केन्द्र भी इसका प्रसारण करेंगे हिन्दी में संबोधन के बाद अंग्रेजी में भी इसे प्रसारित किया जायेगा और इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से राष्ट्रपति के भाषण के मैथिली अनुवाद का रात साढ़े नौ बजे से प्रसारण किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में बहुत सारी भाषाएं बोलियां और कई प्रकार के खान पान हैं लेकिन भारत एक है श्री मोदी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट के साथ संवाद कर रहे थे बाईट भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने अकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामुहिक शक्ति है राज्य अनेक राष्ट्र एक समाज एक भाव अनेक पंथ अनेक लक्ष्य एक रिवाज अनेक मूल्य एक भारत यानी भाषाएं अनेक अभिव्यक्ति एक प्रधानमंत्री ने कहा कि हम में से हर किसी को देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान देने का अवसर नहीं मिला लेकिन देश ने हमें हर तरह के अवसर उपलब्ध कराए बाईट हमें देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि हम में से अधिकतर लोग आजादी के बाद पैदा हुए हैं लेकिन हमें देश ने अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करने का अवसर जरूर दिया है हम जो भी देश के लिए अच्छा कर सकते हैं भारत को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं तो हमें करते ही रहना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार असाधारण योग्यता और नवाचार स्कूली उपलब्धि खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देशभर के बत्तीस आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए चुना गया है चयनित बच्चों में दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरहल्ली गांव निवासी ज्योति पासवान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार इक्कीस के लिए चुना गया है ज्योति लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साईकिल पर बैठाकर गुरूग्राम से अपने गांव लेकर आयी थी इस कारण उसके साहस और हिम्मत की काफी सराहना हुई थी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव पांच शून्य प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से एक दशमलव सात तीन प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ सड़सठ रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख छप्पन हजार से अधिक हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ इकतीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार आठ सौ संतानवे हो गयी राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार चार सौ नौ है प्रदेश में अब तक लगभग छिहत्तर हजार स्वास्थ्यकर्मियों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन के दुष्प्रभाव की खबर नहीं है कोविड टीका लगवाने वाले पश्चिम चम्पारण जिले के झकरा लौरिया के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने बताया कि उन्हें टीका लेने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई है

जारी निर्देश में बताया गया है कि नियमित नियुक्ति में जाने का प्रावधान रहेगा और अगर किसी को नियमित नियुक्ति में मौका नहीं मिल पाता है तो भी उनका नियोजन बरकरार रहेगा केन्द्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद पांच दस और सौ रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को फर्जी बताया है स्पष्ट किया गया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल इस दिन देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मतदाता सूची में नामांकन के लिए प्रेरित करना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है कोविड उन्नीस महामारी के दौरान चूनावों के सुचारू आयोजन के लिए चूनाव आयोग की प्रतिबद्धता को भी इस दिवस के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए राष्ट्रीय प्रस्कार भी प्रदान करेंगे और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव संबंधी श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रस्कार दिया जायेगा इधर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ई ईपीआईसी कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे और पांच नये मतदाताओं को ई ईपीआईसी और मतदाता फोटो पहचान पत्र देंगे ई ईपीआईसी मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल प्रारूप है जिसे मतदाता हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है इधर प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया में उल्लेखनीय योगदान करने वाले राज्य के सात पदाधिकारी और स्वयं सहायता समूह जीविका को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जायेगा कोरोना काल में देश का पहला बड़ा चुनाव बिहार विधानसभा आम निर्वाचन दो हजार बीस सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए बिहार को इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड में बेस्ट स्टेट पुरस्कार दिया जायेगा यह अवॉर्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास लेगें साथ ही बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया विनोद कुमार को मरणोपरांत और पुलिस अधीक्षक पूर्णिया विशाल शर्मा को भी सम्मानित किया जायेगा पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि और कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी का चयन भी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए बेस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी की श्रेणी में किया गया है आयोग ने कोरोना काल में चुनावों को सफलतापूर्वक कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नवाचारी उपाय की श्रेणी में विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया है इसके अतिरिक्त मतदाता जागरुकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए जीविका संगठन का चयन सीएसओ श्रेणी के अंतर्गत किया गया है प्रदेश में पिछले वर्ष सम्पन्न विधानसभा चूनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच जिलाधिकारियों सह निर्वाचन पदाधिकारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज पुरस्कृत किया जायेगा निर्वाचन आयोग की ओर से चयनित इन पदाधिकारियों को मुख्य सचिव दीपक कुमार राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में सम्मानित करेंगे इन पदाधिकारियों में औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और मुजफ्फरपुर के तत्कालिन जिलाधिकारी डॉक्टर चन्द्रशेखर सिंह शामिल हैं इसके साथ ही तीन अधिकारियों को विशेष पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है जिसमें पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल पश्चिमी चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और रोहतास के तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित शामिल हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा मौसम विभाग ने घने कोहरे और ठंड को लेकर सीवान सारण गया बांका समेत इकतीस जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण वातावरण में कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में गांव की गलियों और सड़कों पर सोलर लाईट लगाने का काम पंचायत के मुखिया करायेंगे बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा इसके लिए सोलर लाईट बनाने वाली कम्पनियों की सूची तैयार कर रही है पटना जिले में घूस लेने वाले कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक कमिटी का गठन किया है जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि यह कमिटी जिले के सरकारी कार्यालयों में शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करेगी भागलपुर जयनगर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन आज से चलायी जा रही है पूर्व मध्य रेलवे के जनसम्पर्क पदाधिकारी ने बताया कि ट्रेन में सभी श्रेणी की सीटें आरक्षित होंगी

पश्चिम चम्पारण जिले के वाल्मिकीनगर टाईगर रिजर्व जंगलों की निगरानी अब महिला वनरक्षी साईकिल से करेंगी वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमकांत राय ने बताया कि वीटीआर में शाकाहारी जानवरों की गिनती शुरू कर दी गयी है इसके लिए उनसठ ट्रांजिट लाईन बनाया गया है मुजफ्फरपुर जिले में सम्पन्न सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता के अंडर थर्टीन बालिका वर्ग में शताक्षी सिंह ने सानिया को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया वहीं बालक वर्ग में विवान ठाकुर विजेता और यथार्थ नाथानी उपविजेता बने जमुई पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर लखीसराय से नक्सली पुना कोड़ा को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर छह कुख्यात अपराधियो कों हथियार के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखा है सात निश्चय दो के लिए बजट में होगा प्रावधान दैनिक जागरण ने मसौढ़ी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी की हत्या की खबर पर शीर्षक दिया है लापता कृषि अधिकारी की हत्या प्रभात खबर ने गलत तरीके से भवन बनाकर उसका उपयोग करने के एक मामले में रेरा के फैसले पर सुर्खी दी है पाटलिपुत्र में हल्दीराम वाले भवन पर पचास लाख ज़र्माना दैनिक भास्कर लिखता है रेल मंत्रालय को मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलने की आस आज अखबार की सुर्खी है नेपाल में सियासी जंग तेज ओली को उनकी ही पार्टी ने निकाला

अब तक दो लाख छप्पन हजार से अधिक ठीक हुये और देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है